राज्य में कोरोना के मामलों में आई कमी पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ बीस संकमितों की हुई पुष्टि अब तक निन्यानबे हजार नौ सो छह लोग हुए हैं संकमित राज्य भर में सादगी के साथ कल मनाया गया दशहरा का पर्व राज्य के कई स्थानों में सांकेतिक रुप से निभाई गई रावण दहन की प्रथा शारजाह में खेले जा रहे आईपीएल किकेट मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आठ विकेट से हराया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

सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से दो नवम्बर तक मनाया जाएगा इस वर्ष की थीम है सतर्क भारत समृद्ध भारत

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर आज से तीन दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे तीन दिन के सम्मेलन में विदेशी कार्य क्षेत्र में छानबीन की चुनौती वित्तीय समावेशन में सुधार और बैंक धोखाधड़ी पर अंक्श प्रभावी लेखा परीक्षण भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम में संशोधन क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण एजेंसियों के बीच समन्वय आर्थिक अपराधों की नई चुनौतियां तथा साइबर अपराध और संगठित अपराधों पर विभिन्नन जांच एजेंसियों के बीच विचार विमर्श होगा सम्मेलन के दौरान नीति निर्माताओं और इन्हें क्रियान्वित करने वालों को प्रणालीबद्व सुधार और प्रभावी उपाय लागू करने पर विचार विमर्श का मौका मिलेगा केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह भी उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज विडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे

इस योजना के अंतर्गत अब तक चौबीस लाख से अधिक लोगों के आवेदन मिल चुके हैं

फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने कहा है कि कोरोना महामारी हम सब के लिए एक चुनौती है लेकिन सावधानियों का पालन करते हुए हम इस संक्रमण को हरा सकते हैं आकाशवाणी से बात करते हुए श्री बोनी कपूर ने कहा कि आगार्मी त्यौहारों के समय हमें और अधिक सतर्क और जागरूक रहना चाहिए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 राज्य में अब कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है पिछले चौबीस घंटो में कोरोना के दो सौ बीस मामलों की पुष्टि हुई है वहीं तीन सौ बिरानबे संक्रमित लोग स्वस्थ हो चुके हैं

राज्य में अबतक निन्यानबे हजार नौ सौ छह मामलों की पुष्टि हुई है जिसमें तिरानबे हजार तीन सौ अड़सठ लोग स्वस्थ हो चुके हैं अब केवल पांच हजार छह सौ छियासठ एक्टिव केस बचे हैं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में तीन करोड़ बारह लाख छह हजार सात सौ उनचास सैंम्पल की जांच हो चुकी है बिहार विधानसभा चुनाव का असर झारखंड के कोडरमा में भी देखा जा रहा है कोडरमा जिले से सटे नवादा और गया जिले में कल मतदान होना है इसे लेकर कोडरमा जिला प्रशासन भी अलर्ट है

वहीं विजयादशमी को लेकर भी सुबह से ही शराब दुकाने बंद हैं

निष्पक्ष मतदान और मतगणना को लेकर मुख्य निर्वाची पदाधिकारी तथा बिहार के उत्पाद संचिव के निर्देश के बाद कोडरमा उपायुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी किया है गौरतलब है कि बिहार के रजौली और नवादा सड़क मार्ग से कोडरमा की सीमा से जुड़े हैं वहीं गझण्डी के बाद गया बिहार का सीमांकन क्षेत्र पड़ता है झारखंड पुलिस के साथ आरपीएफ और जीआरपी को भी अलर्ट किया गया है स्टेशन व ट्रेनों में भी गहन चेकिंग कर हथियार नगदी और शराब की तलाश की जा रही है इधर उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि नियम को नहीं मानने पर दुकान संचालक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए व्यापक प्रबंध किये गए हैं

कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान पालन किये जाने वाले दिशा निर्देश जारी किये हैं

सभी लोगों की थर्मल जांच की जाएगी और मतदान के दौरान सभी स्थानों पर सेनेटाइजर उपलब्ध रहेंगे

गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इस आशय का आदेश जारी किया है

उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अपने आदेश में कहा है कि मतगणना के दिन भी गिरिडीह जिले में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी

इस मौके पर विधायक बिरंचि नारायण ने कहा कि इस हॉस्पिटल का लाभ आसपास के जिले सहित सीमावर्ती राज्यों के मरीजों को मिलेगा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर माजिद ने बताया कि यह अस्पताल अंतरराष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा व्यवस्था से परिपूर्ण होगा

राज्यभर में विजयादशमी का त्यौहार बेहद सादगी से मनाया गया मौके पर जिले में दर्जनों स्थानों पर रावण दहन करने की परंपरा थी कोरोना की वजह से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन तो नहीं हुआ लेकिन रावण दहन की परंपरा का निर्वहन किया गया

वहीं रामगढ़ शहर में कल सिंदूर होली भी खेली गई गोड्डा के ग्रामीण इलाके में दुर्गा पूजा दशहरा और विजयादशमी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई गोड्डा में विजयादशमी के दिन इस बार कम संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल खलारी प्रखंड समिति की ओर से कल हुटाप पंचायत स्थित पंचायत भवन में विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन किया गया कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े ही उत्साह से अपने अपने घरों से लाए शस्त्र का पूजन किया गया कार्यक्रम में मुख्य वक्ता खलारी प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सोनी उपस्थित हुए

आईपीएल क्रिकेट में कल रात शारजाह में किंग्स इलेवन पंजाब ने कोलकाता नाइटराइडर्स को आठ विकेट से हरा दिया